राज्यपाल शपथ ग्रहण छत्तीसगढ़ की नव नियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज अपना पदभार संभाल लिया है राजधानी स्थित राजभवन में आज शाम उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू सहित राज्य सरकार के अनेक मंत्री उपस्थित थे साथ ही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी सहित राज्य शासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल सुश्री उइके को सशस्त्र बलों द्वारा सलामी दी गई दस अप्रैल उन्नीस सौ संतावन को मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के रोहनाकला गांव में जन्मी अनुसुईया उइके ने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है छिंदवाड़ा के शासकीय महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में अपने करियर की शुरूआत करने वाली अनुसुईया उइके ने उन्नीस सौ पचासी में दमुआ से विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीतिक जीवन में कदम रखा वे मध्यप्रदेश सरकार में महिला तथा बाल विकास मंत्री रहने के अलावा राज्यसभा सांसद भी रहीं राज्यपाल नियुक्त होने से पहले सुश्री उइके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष थीं आज शपथ ग्रहण करने से पहले अनुसुईया उइके ने रायपुर के जयस्तंभ चौक पहुंचकर शहीद वीरनारायण सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की इससे पहले उन्होंने शहीद वाटिका में शहीदों की याद में बनाए गए अमर जवान स्तंभ के समक्ष श्रद्दासुमन अर्पित किए आज ही रायपुर के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बैस ने भी त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली सहकारिता निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकार ने प्रदेश के सहकारिता निर्वाचन आयोग के आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा को पद से हटा दिया है उनके स्थान पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मनोज पिंगुआ को सहकारिता निर्वाचन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है हाल ही में श्री पिंगुआ केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ के पास परिवहन विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार है गौरतलब है कि भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कुछ समय पहले श्री मिश्रा के खिलाफ कथित घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखकर उन्हें पद से हटाने की मांग की थी तबादला इस बीच राज्य सरकार ने नौ नगर निगमों के आयुक्त भी बदल दिए हैं साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया है इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वहीं प्रदेश सरकार ने आज राज्य प्रशासनिक सेवा के अड़सठ अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है

यह मुठभेड़ कोंटा थाना क्षेत्र के कन्हाईगुड़ा इलाके में हुई पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि माओवादियों के इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली थी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम को कन्हाईगुड़ा इलाके के लिए रवाना किया गया जब यह टीम इलाके में पहुंची तो माओवादियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो माओवादियों को मार गिराया पुलिस ने घटनास्थल से माओवादियों के शव के अलावा हथियार ग्रेनेड लॉन्चर सहित अन्य सामग्री बरामद की है दुर्घटना बिलासपुर जिले में बीती रात एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें दबकर चालक सहित पांच लोगों की मौत हो गई

ये सभी कोनी क्षेत्र के चुमकंवा गांव के रहने वाले थे यह घटना जिले के हिर्री थाना क्षेत्र की है जहां बिजली तार खींचने का काम चल रहा था

बीती रात ये लोग अपना काम खत्म करने के बाद ट्रैक्टर में सवार होकर अपने ठिकाने पर लौट रहे थे इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड़ढे में गिर गया

यह दिन हर वर्ष बाघ और उनके प्राकृतिक परिवास के सरंक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व में बाघों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित स्थलों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय बाघ आंकलन रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने बाघों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई बारिश बस्तर संभाग में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है इंद्रावती और शबरी सहित बस्तर क्षेत्र की सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जगदलपुर शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है वहीं आसपास के अनेक गांवों का सड़क संपर्क भी ट्रट गया है

उधर दंतेवाड़ा जिले में भी वर्षा के कारण जन जीवन प्रभावित हुआ है यहां शंखिनी और डंकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है

वहीं सुकमा जिले में पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से शबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है राज्य सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया

सुकमा और बीजापुर में बारिश को देखते हुए जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में दो दिन के अवकाश की घोषणा की है बारिश मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के मद्देनजर बस्तर संभाग के आयुक्त और सभी जिला कलेक्टरों को हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को बचाव की पूरी तैयारी रखने को कहा है श्री बघेल ने आज बस्तर संभाग के आयुक्त अमृत खलको से फोन पर बात की और उनसे वहां बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली उन्होंने बाढ़ से प्रभावित नदी नालों के किनारों के अलावा निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए जरूरत पड़ने पर राहत शिविर लगाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा नियंत्रण बल सहित प्रभावित जिलों में पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी सचेत रहने को कहा है बस्तर के आयुक्त ने बताया है कि प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार मुनादी की जा रही है हमारे सुकमा संवाददाता ने बताया कि दुब्बाटोटा के पास सड़क पर तेजी से पानी भर रहा है जिससे छत्तीसगढ़ को हैदराबाद से जोड़ने वाली सड़क पर आवागमन बंद होने की आशंका पैदा हो गई है